राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पाजंलि अर्पित की आज सुबह राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इधर महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयंती के अवसर पर राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया मुख्य कार्यक्रम ईटानगर स्थित आई जी पार्क में आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चायना मेन सांसद तापिर गाव गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित कई आला अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हमारा अरुणाचल अभियान की शुरुआत की अभियान शुरु करने से पहले मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न स्टोलों का अबलोकन किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की जीवनी के पांच स्थानीय भाषाओं आदी आपातानी न्यीशी मिश्मी और नोक्ते में किये गए अनुवाद का लोकार्पन भी किया गांधी जयंति समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की मानवता का लिए किये गए उनकी योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पूरे देश की सोच बदल दी है राज्य की चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्री खांडू ने कहा कि विकास के इस काम को और गति देने के लिए हमारा अरुणाचल अभियान शुरु किया गया है इससे पहले समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि विकास के लिए कानून और व्यवस्था बहुत जरुरी है और हमारा अरुणाचल अभियान उसका एक हिस्सा है इस अवसर पर स्कूली छात्रों और विभिन्न संस्थानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंति एक अवसर पर राजभवन से फीट इंडिया प्लागिंग रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौर में बच्चों सहित आई टी बी पी के जवान और खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया राज्यपाल ने राजभवन परिषर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया

इस पहल का उद्देश्य राज्य के लोगों को सोलर लैंप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत विवेकानंद केंद्र विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के चयनित छात्रों को एनार्जी पार्क ईटानगर में सोलर लैंप को एसेंबल करने का महीनेभर का प्रशिक्षण दिया गया था गांधी जयंति के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से प्लास्टिक कचरे की सफाई के लिए फिट इंडिया प्लाग रन को झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर सांसद और गीतकार मनोज तिवारी पहलवान बजरंग पुनिया और कवि अशोक चक्रधर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे प्लागिंग करते हुए धावक दौड़ते समय फिटनेस के साथ साथ आसपास पड़े प्लास्टिक और अन्य कचरे की सफाई भी करते चलते है राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक सौ पंद्रहवी जयंती पर उन्हें याद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में विजयघाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित की इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में भजनों और देश भक्ति गीतों के कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है गांधी जयंति के अवसर पर राज्य सरकार ने पांच कैदियों की सजा को माफ करते हुए आज उनकी रिहाई की राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जोलांग स्थित जिला जेल से तीन कैदियों के सजा को माफ करते हुए रिहा किया गया इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जेल किमे आया और अरुणाचल प्रदेश लिगल सर्विस आथॉरिटी के सदस्य बुदी हाबुंग मौजूद थे